मुख्यमंत्री ने कहा चंबल एक्सप्रेस वे नहीं यह चंबल प्रोगेस वे है

प्रदेश में कल पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा गुरू पूर्णिमा का पर्व

हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफल हुए विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

नतीजे मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं इस वर्ष कोरोना संकमण के चलते हिन्दी विशिष्ट अंग्रेजी विशिष्ट ऊर्दू विशिष्ट और हिन्दी सामान्य विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकी थी इन विषयों में विद्यार्थियों की अंक सूचियों में अंकों के स्थान पर उत्तीर्ण अंकित किया गया है जिन विषयों की परीक्षाएं हुई उन्हीं विषयों के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया गया है चंबल एक्सप्रेस वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे इसे चंबल एक्सप्रेस वे नहीं चम्बल प्रोग्रेस वे के रूप में देखते हैं श्री चौहान केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ चंबल एक्सप्रेस वे पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे

यह श्योपुर मुरैना एवं भिण्ड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा

केन्द्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में बहुत मदद मिलेगी राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चम्बल एक्सप्रेस वे को भिण्ड कोटा रेल्वे लाइन के साथ साथ बनाने का सुझाव दिया श्री गड़करी ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र के जिलों और आसपास के इलाकों में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे गुरू पूर्णिमा प्रदेश में कल गुरू पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा हालांकि कोरोना संकमण के चलते इस वर्ष परंपरागत कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है लोग घरों में रहकर ही गुरू की आराधना करेंगे जबलपुर में ग्वारी घाट स्थित सिद्ध गणेश मंदिर में गुरू पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा

भंण्डारों और धार्मिक जुलूसों पर भी प्रतिबंध रहेगा खंडवा के प्राचीन विट्ठल मंदिर में दूरी बनाये रखते हुए और मॉस्क लगाकर कल पर्व मनाया जायेगा वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिले के श्रद्वालुओं से गुरू पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है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

इंदौर में पौने पांच हजार से ज्यादा संक्रमित हैं

जबलपुर जिले में आज तीन नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इनमें से एक सिलीगुडी से लौटा सेना का जवान शामिल है

खंडवा में तीन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

वहीं टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है

जबलपुर जिले के पना नगर के गौमुख नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई वहीं एक सड़क दुर्घटना में ट्रेक्टर चालक की मौत हो गई जबलपुर के गौकुलपुर बाल सम्प्रेषण गृह से दो बच्चों के भागने के मामले में कमिश्नर ने संप्रेषण गृह की अधीक्षक कविता पेड़े को निलंबित कर दिया है मंदसौर शहर सहित चार विकास खण्डों में नेशनल लोक अदालत का आज आयोजन वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया जिसमें अलग अलग तरह के मामलों का निपटान किया गया